प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मालदीव और श्रीलंका के दो दिवसीय यात्रा के क्रम में आज मालदीव की राजधानी माले पहुंचे जहां उनका शानदार स्वागत किया गया

बाद में श्री मोदी ने मालदीव क राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद स्वालेह से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय समझौतों का आदान प्रदान हुआ श्री मोदी को मालदीव के सर्वोच्च सम्मान निशान इज्जुद्दीन से भी नवाज़ा गया इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि यह सम्मान उनका नहीं बल्कि यह पूर भारत के लिये गौरव की बात है और यह दोनों देशों के बीच घनिष्ठ संबंधों का सम्मान है उन्होंने कहा कि भारत हमेशा मालदीव के साथ खड़ा रहा है और हर संभव सहायता के लिये प्रतिबद्ध है दोनों देशों के नागरिक विकास चाहते हैं यह सम्मान किसी विदेशो नागरिक को दिया जाने वाला मालदीव का सर्वोच्च सम्मान है श्री मोदी का उपराष्ट्रपति फैज़ल नसीम और वहां की संसद मजलिस के अध्यक्ष और पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद से भी मुलाकात का कार्यक्रम है इसके अलावा वह मजलिस को संबोधित भी करेंगे प्रधानमंत्री श्री मोदी के इस दौरे में वह राष्ट्रपति स्वालेह के साथ तटीय निगरानी प्रणाली और मालदीव के राष्ट्रीय रक्षाबल के लिए व्यापक प्रशिक्षण केन्द्र का उदघाटन करेंगे ये दोनों परियोजनाएं भारत की सहायता से विकसित की गई हैं इस दौरान भारत मालदीव के लिए कूछ नई परियोजनाओं की घोषणा कर सकता है इनमें मालदीव में क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा जुमा मस्जिद का पुनरूद्वार शामिल है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी केवल चुनावी राजनीति के लिए काम नहीं करती है बल्कि वह देश के निर्माण के प्रति ज्यादा उत्सुक है श्री मोदी आज विदेश यात्रा पर जाने से पहले केरल में भाजपा राज्य इकाई द्वारा आयोजित अभिनन्दन समारोह में बोल रहे थे उन्होंने कहा कि भारत अंतराष्ट्रीय क्षेत्र में अपना सम्मानजनक स्थान सुनिश्चित करने की दिशा में निरन्तर काम कर रहा है बाइट राजनीति में सिर्फ सरकार बनाने के लिए नहीं आये हैं हम राजनीति में देश बनाने के लिए आये हैं हम राजनीति में विश्वफलक पर भारत को अपना उचित स्थान मिले इसके लिए एक तपस्या के रूप में हम लोग मैदान में आए हैं क्या जीत में क्या हार में इन सारे बंधनों से बंधकर के काम करने वाले हम लोग नहीं है प्रधानमंत्री ने कहा कि राजनीतिक दल और जानकार लोकसभा चुनाव के पहले जनता के मूड को भांपने में विफल रहे

उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने राजनीतिज्ञों के खिलाफ दल बदल चुनाव याचिकाओं और अपराध से जुड़े लंबित मामलों के त्वरित निस्तारण का आह्वान किया है

उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों के निपटारे में गैर ज़रूरी देरी देश हित म नहीं है इन मामलों के जल्द निस्तारण के लिए उच्च न्यायालय की विशेष पीठ गठित की जानी चाहिए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

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण आगामी पांच जुलाई को बजट पेश करेंगी आम बजट के बारे में सुझाव सरकार के पोर्टल माईजीओवी डॉट इन पर बीस जून तक दिये जा सकते हैं पोर्टल के अनुसार पिछले कई वर्षों से वित्त मंत्रालय बजट के बारे में नागरिकों से सुझाव मांग रहा है बजट की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिये समाज के सभी वर्गों के नागरिकों के सुझावों का स्वागत है

प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल के तहत कल देर रात पच्चीस आईपीएस अधिकारियों का स्थानान्तरण कर दिया है इनमें चौदह ज़िलों के पुलिस अधीक्षक भी शामिल है इसके अलावा एसटीएफ़ को चार भागों में बांट कर अलग अलग क्षेत्रों में पुलिस अधीक्षकों की तैनाती की गई है आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि मुरादाबाद के पुलिस उप महानिरीक्षक जे रवीन्द्र गौड़ को डीआईजी एसआईटी लखनऊ क पद पर स्थानान्तरित किया गया है आगरा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को मुरादाबाद का एसएसपी बनाया गया है अयोध्या के एसएसपी जोगेन्द्र कुमार को आगरा भेजा गया है गोरखपुर में पीएसी छब्बीसवीं बटालियन के सेना नायक शलभ माथुर को मथुरा का नया एसएसपी बनाया गया है आईपीएस अधिकारी विपिन मिश्र जौनपुर के पुलिस अधीक्षक होंग जबकि श्री रमेश को फतेहपुर का पुलिस अधीक्षक बनाया गया है सुश्री सुनीति औरैया की एसपी बनाई गई हैं

अनुराग आर्य मऊ के नये पुलिस अधीक्षक होंगे जबकि श्रीपति मिश्र को देवरिया में पुलिस अधीक्षक के रूप में तैनाती दी गई है प्रदेश के विभिन्न ज़िलों में छह जून की रात आये आंधी तूफान और ओलावृष्टि से मरने वालों की संख्या बढ़कर छब्बीस हो गई है इस आपदा में सत्तावन लोग घायल भी हुए हैं और कई जगहों पर मकानों को भारी क्षति पहुंची है राहत आयुक्त के नियंत्रण कक्ष के मुताबिक एटा कासगंज मैनपुरी बदायूं फर्रूखाबाद मुरादाबाद पीलीभीत मथुरा और कन्नौज सहित सभी जिलों में मृतकों के परिजनों को सहायता राशि मुहैया करवा दी गई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रभावित ज़िलों के प्रभारी मंत्री वहां का भ्रमण कर राहत संबंधी कार्यो का जायजा ले रहे ह प्रदेश के सिंचाई मंत्री धर्मपाल सिंह ने राज्य में सूखे तालाबों और पोखरों को हर हाल में पन्द्रह जून तक भरने के निर्देश दिये हैं उन्होंने कहा कि इस मामले में शिथिलता बरतने वाले अधिकारियों और अभियंताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जायेगी लखनऊ में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान श्री सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार ने यह फसला भीषण गर्मी के प्रकोप को ध्यान में रखते हुए पशु और पक्षियों को पेयजल की सुविधा देने को लिये किया है उन्होंने कहा कि समीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि अब तक सिर्फ साठ प्रतिशत तालाब ही भरे जा सके हैं इसके अलावा सिंचाई मंत्री ने गंगा दशहरा के पावन पर्व के उपलक्ष्य में बारह जून को श्रद्वालूओं की सुविधा के लिये गंगा राम गंगा नदियों में पानी मुहैया कराने का निर्देश भी दिया है गृह मंत्रालय ने बिना उसकी अनुमति के अपने पदाधिकारी बदलने वाले गर सरकारी संगठनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है मंत्रालय ने कहा कि विदेशी अंशदान नियमन अधिनियम के तहत पंजीकृत संगठनों का बिना पूर्व अनुमति के अपने पदाधिकारियों में बदलाव करना कानून का उल्लंघन है मंत्रालय ने गर सरकारी संगठनों से अपने पदाधिकारी बदलने के बारे में नोटिस जारी करने से एक महीना पहले आवेदन देने को कहा है केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जनजातीय विद्यार्थियों के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों की संबद्धता का आवेदन करने की अंतिम तिथि तीस जून तक बढ़ा दी है पहले यह इकतीस मार्च थी देश भर में लगभग दो सौ छब्बीस एकलव्य विद्यालय हैं जिनमें से अड़सठ केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त हैं